उद्घाटन समारोह में उप मुख्यमंत्री चाउना मेन शिक्षामंत्री होचुंग ङादम सांसद निनोंग ईरिंग भाजपा राज्य इकाई के अध्यक्ष तापिर गाव लिकाबाली मिलिट्री स्टेशन के छप्पन इंफेन्ट्री डिविजन के मेजर जनरल भाष्कर कलिता सिगार मिलिट्री स्टेशन के ब्रिगेडियर ए के बरुआ राज्य शिक्षा विभाग के सचिव स्थानीय विधायक तातुम जामोह सैनिक स्कूल के शिक्षको और कर्मचारियों सहित कई आला अधिकारी और स्थानीय लोग उपस्थित थे समारोह का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अक्सर ग्यारह सितंबर को अपसगुन माना जाता है मगर आज का दिन हमारे लिए ऐतिहासिक दिन है क्योंकि आज अरुणाचल प्रदेश के पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन हुआ है उन्होंने कहा कि राज्य में अभी भी कई बच्चों को पढ़ाई के पर्याप्त सुविधा उपलब्ध नहीं है और राज्य सरकार इसके लिए जरुरी कदम उठा रही है श्री खांडू ने कहा कि केंद्र सरकार प्रदेश में दो और सैनिक स्कूल खोलने के लिए मंजूरी दी है उन्होंने कहा कि सैनिक स्कूल में पूरी सुविधा के लिए कम से कम तीन साल का समय लग सकता है गौरतलब है कि इस सैनिक स्कूल में शुरुआत में कक्षा छह से शुरु की गई है जिसमें कुल साठ बच्चों को पढ़ाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी ने भारत बंद के कारण देश के विभिन्न भागों में हुई हिंसा और इस दौरान एक बच्ची की मौत पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से जवाब मांगा है नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमते अंतर्राष्ट्रीय बजार में संकट की वजह से बढ़ी है और केंद्र सरकार लोगों की समस्याएं हल करने के पूरे प्रयास कर रही है श्री प्रसाद ने कहा कि हम जनता के साथ है और सरकार ने महंगाई रोकने के उपाय किये हैं उन्होंने कहा कि बंद में बसो को निशाना बनाया गया और मेडिकल स्टोर को जबरन बंद करवाये गए अरुणाचल प्रदेश में कल बंद के दौरान राजधानी क्षेत्र में दो मामले एक ईटानगर और दूसरा नाहरलगुन पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया गया और अट़ठारह लोगों को गिरफ्तार किया गया था आगे और छियासठ लोगों को हिरासत में लिया गया और बाद में पी आर बॉन्ड पर उन्हें रिहा कर दिया गया भारतीय मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश असम मेघालय नगालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा बिहार उत्तराखंड तमिलनाडु पुद्दुचेरी और दिक्षिणी कर्नाटक के भीतरी जिलों में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है विभाग ने हिमालय के निचले इलाकों पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की है अरुणाचल प्रदेश में कल से राजधानी ईटानगर सहित कई इलाकों से मध्यम और लगातार वर्षा की रिपोर्ट मिली है हालांकि वर्षा से संबंधित किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की अबतक कोई रिपोर्ट नहीं है राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकारण के एक अधिकारी ने बताया कि राज्य में सभी आपदा प्रतिक्रिया दलों को सतर्क किया गया है और तत्काल राहत एवं प्रनर्वास के लिए खतरे वाले क्षेत्रों के पास अस्थायी शिविर जैसे आवश्यक व्यवस्था की तैयारी भी की गई है सूचना और प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने कल नई दिल्ली में द्रदर्शन की नौ डिजिटल सेटेलाइट न्यूज गैदरिंग डी एस एन जी वैन को झंडी दिखाकर रवाना किया ये वैन बेहतर एच डी गुणवत्तापूर्ण प्रसारण के लिए इस्तेमाल की जाएंगी यह वैन देशभर में तैनात की जाएंगी इनमें से चार वैन पूर्वोत्तर राज्यों में काम करेंगी पत्रकारों से बातचीत में कर्नल राठौड़ ने कहा कि दूरदर्शन के आधुनिकीकरण और देश के दूरदराज के इलाकों से त्वरित समाचार प्रसारण की दिशा में यह एक और कदम है उन्होंने कहा कि सरकार प्रर्वोत्तर राज्यों पर विशेष ध्यान दे रही है और चार वर्षों के दौरान इन क्षेत्र में और अधिक विकास हुआ है श्री राज्यवर्धन ने कहा कि आकाशवाणी और दूरदर्शन के मोबाइल एप के जरिये लोगों तक समाचार पहुंच रहे हैं राज्यपाल डॉ बी डी मिश्रा ने कहा कि भारतीय संस्कृति और परंपरा को निर्विवाद बनाए रखते हुए परसुराम कुंड को इस तरह विकसित किया जाना चाहिए कि यह आध्यात्मिकता और सदियों से चली आ रही मूल्यों को बढ़ावा देना जारी रखे ये बात राज्यपाल ने कल नामसाई में अपने तीन दिवसीय आकांक्षा जिले के दौरे के दौरान कही उन्होंने कहा कि परसुराम क्रूंड परिसर को अच्छी सड़क अस्पताल की व्यवस्था रहने की सुविधा और साफ एवं स्वच्छ सार्वजनिक सुविधाओं के साथ वार्षिक तीर्थयात्रा की सुविधा के लिए विकसित किया जाना चाहिए दौरे में राज्यपाल ने आकांक्षा जिला कार्यक्रम के अंदर किए जा रहे परियोजनाओ का जायजा भी लिया हल्के लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान के दौरान हवा में ही ईंधन भरने का परीक्षण कल सफलतापूर्वक प्ररा कर लिया गया यह परीक्षण देश में पहली बार किया गया इस परीक्षण से भारत उन गिने चूने प्रमुख देशों में शामिल हो गया है जिनके पास ऐसी क्षमता है जो अपने लड़ाकू विमानों में उड़ान के दौरान द्रसरे विमान से ईंधन भर सकते हैं